कहा राष्ट्रपति ने देश को दी प्रेरणा राजनीति फिल्म और खेल जगत की हस्तियों के साथ जनता ने भी बढाए हाथ

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस दिशा में नेतृत्व करते हुए देश को प्रेरणा दी है प्रधानमंत्री ने कोष में योगदान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सैलो ग्रुप टी सीरिज और पेटीएम सहित अन्य संगठनों तथा लोगों को धन्यवाद दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री केयर्स कोष में एक महीने का वेतन दिया है रक्षा मंत्री ने कोष में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के एक दिन का वेतन देने को मंजूरी दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से केंद्रीय राहत कोष में एक करोड़ रुपये दिए हैं

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राष्ट्रीय आपदा कोष में एक महीने का वेतन दान किया है इसके अलावा फिल्म जगत खेल जगत की हस्त्यों के साथ्ज्ञ आम जनता ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जरूरतमंदों को सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है छह सौ दाल भात केंद्र के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है थानों में भी भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है दो माह का राशन अग्रिम उपलब्ध कराया गया है जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है इस रिथित में गांव के मुखिया ऐसे लोगों की सूची जिला के उपायुक्त को उपलब्ध कराएं उन्हें तत्काल अनाज मिलेगा श्री सोरेन वेबकास्टिंग के माध्यम से कल राज्य के सभी जिला परिषद मुखिया वार्ड पार्षद समेत जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को चूड़ा गुड़ और चना का वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार की तलाश में अन्य राज्य गए झारखंड वासियों का भी सरकार ख्याल रख रही है उन्हें दो वक्त का भोजन मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है इसके लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है साथ ही इन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम की स्थापना हुई है दूसरे राज्य में फंसे लोगों के परिजर्नो को घबराने की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग विभिन्न राज्य से झारखंड आए हैं

किसी भी तरह की परेशानी यानी सूखी खांसी बुखार जुकाम सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत अस्पताल जाएं सरकार इलाज सुनिश्चित करेगी इस कार्य में आपका सहयोग बेहद जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें झारखंड में रहने की समस्या हो रही है उनके लिए सरकार द्वारा पंचायत भवनों में रहने की व्यवस्था की जा रही है श्री सोरेन ने यह भी कहा कि जिला प्रखंड और और पंचायत स्तर पर क्लस्टर के माध्यम से भी लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें बेवजह घूमने वालों की सुचना थाना को दें इस बात का सदैव ध्यान रखें कि लोग समुह में ना रहें गांव के मुखिया वार्ड पार्षद इसके प्रति लोगों को जागरूक करें लोग जितने जागरूक होंगे संक्रमण फैलने का खतरा उतना ही कम होगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने रिम्स के निदेशक से आइसोलेशन वार्ड में की गई तैयारियों की पूरी जानकारी ली और कई अहम निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के स्तर पर पूरे इंतजाम किए गए हैं श्री सोरेन ने कहा कि रिम्स में अगर कोरोना वायरस का कोई भी मरीज आता है तो उसके टेस्ट और इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए

लातेहार जिले में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रषासन पूरी तरह से सजग है विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच और निगरानी की जा रही है

गृह मंत्रालय ने अपने ताजा निर्देशों में संबंधित राज्यों से कहा है कि अपने घरों को लौट रहे प्रवासी लोगों को नजदीकी आश्रय गृहों में ठहराने की व्यवस्था की जाए

मंत्रालय ने उद्योगों दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित नियोक्ताओं से अपने कामगारों को निर्धारित तिथि पर मजदूरी का भूगतान करने को कहा है मकान मालिकों को भी ऐसे कामगारों से एक महीने का किराया नहीं लेने को कहा गया है मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मजदूरों और विद्यार्थियों को मकान खाली करने पर बाध्य करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लॉकडाउन का उल्लंघन बताते हए मंत्रालय ने कहा है कि प्रर्णबंदी को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे इससे पहले केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमाएँ बंद करने को कहा था कैबिनेट सचिव राजीव गोबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहरों और राजमार्गो पर लोगों की आवाजाही न हों कैबिनेट सचिव और गृहमंत्रालय के अधिकारी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ लगातार संपर्क में है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति भी सुचारू रूप से जारी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी पाकुड़ जिले की सखी दीदियां कोरोना को हराने की देश की मुहिम में साथ देने आगे आयी हैं

गुमला में प्रशासन पहुंचेगा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल से खाद्य सामग्रियों की होम डिलीवरी शुरू हो गई है

उन्होंने कहा कि जल्द ही सामानों की होम डिलीवरी का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना हेल्पडेस्क का गठन किया गया है इसके माध्यम से सहिबगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अप्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है

वहीं झारखंड में अभी तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है

छह लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है

लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोनावायरस से निपटने के लिए सांसद मद से एक करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी है बोकारो जनरल अस्पताल के निकट बीती रात भीषण आग में एक दर्जन से ज्यादा फुटपाथ की दुकानें जलकर राख हो गई